छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस देशभक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ध्वजारोहण किया

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में कहा कि दुनिया की किसी भी समस्या का हल कोई दूसरी समस्या पैदा करने से नहीं हो सकता है उन्होंने कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं करती

उन्होंने कहा कि हाल ही में लगभग पच्चीस वर्ष पुरानी ब्रू रियांग रिफयूजी समस्या को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए उन्होंने कहा कि मिजोरम और त्रिपुरा के बीच हुआ यह समझौता सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री के लिए चार उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मुहिम का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक पैंसठ हजार से ज्यादा स्कूलों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फिट इंडिया स्कूल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले मानसून के समय शुरू किया गया जल शक्ति अभियान जनभागीदारी से अत्यधिक सफलता की ओर बढ़ रहा है

मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया गया जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड की सलामी ली ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर मैसियास बोलसोनारो इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्यि अतिथि थे इस बार गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ अमर जवान ज्योति के बजाय राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देष की रक्षा में शहीद हुए जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित करने से हुआ इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रीय गान गाया गया साथ ही इक्कीस तोपों की सलामी दी गई गणतंत्र दिवस परेड़ विजय चौक से प्रारंभ हुई और लालकिला मैदान की ओर अग्रसर हुई विभिन्न राज्यों की झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस अवसर पर प्रस्तुरत किये गये इस मौके पर राजपथ पर निकली छत्तीसगढ़ की झांकी ने वहां मौजूद दर्शकों का मन मोह लिया इस झांकी में राज्य के पांरपरिक शिल्प और आभूषणों को प्रदर्शित किया गया

राज्य का मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया गया यहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ने तिरंगा फहराकर परेड का निरीक्षण कर सलामी ली इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन उन मनीषियों और महान नेताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है जिनकी वजह से भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान मिला इस अवसर पर विभिन्न अर्द्वसैनिक बलों पुलिस एनसीसी के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने आकर्षक मार्चपास्ट किया समारोह के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओत प्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए इस अवसर पर राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को पदक और पुरस्कार वितरित किए नौ पुलिस अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया इसके साथ ही राज्यपाल ने चार बहादुर बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया इनमें धमतरी जिले की अंशिका साह रायपुर की अनन्या चौहान गरियाबंद जिले के राहुल पटेल और रायगढ़ जिले के प्रमोद बारिक शामिल हैं गणतंत्र दिवस झांकी गणतंत्र दिवस के अवसर पर रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित समारोह में सत्रह विभागों और चार सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा आकर्षक झांकी निकाली गई इसमें ग्रामोद्योग विभाग की झांकी पहले स्थान पर रही

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने तीन नई घोषणाएं कीं

इसी तरह विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरबा में और उपाध्यक्ष मनोज सिंह मण्डावी ने कांकेर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने दूर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण कर सलामी ली अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बिलासपुर में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और जशपुर जिला मुख्यालय में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली अन्य जिला मुख्यालयों में भी मंत्रियों सांसदों और विधायकों ने ध्वजारोहण किया

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेष कार्यालय कुषाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने ध्वजारोहण किया वहीं कांग्रेस के प्रदेष कार्यालय सहित सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में भी ध्वजारोहण किया गया पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम ने जिला मुख्यालय कोंडागांव में ध्वजारोहण किया रायपुर रेल मंडल में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के संग मनाया गया सेक्रसा ग्राउंड पर आयोजित समारोह में मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली वहीं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के अटल नगर नवा रायपुर स्थित पष्विम क्षेत्रीय मुख्यालय में क्षेत्रीय कार्यपालन निदेषक विनोद चौधरी ने तिरंगा फहराया आकाषवाणी केन्द्र रायपुर में भी गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया कार्यालय प्रमुख संजय मिश्रा ने आकाषवाणी परिसर में ध्वजारोहण किया इस मौके पर आकाषवाणी रायपुर के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे बातों बातों में श्रोताओं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में आज की कड़ी इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर केंद्रित रहेगी इसका प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे पंचायत चुनाव प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले दौर के लिए आज रात दस बजे प्रचार थम जाएगा राज्य के संतावन विकासखंडों के बारह हजार से ज्यादा मतदान केन्द्रों में अट्ठाईस जनवरी को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे वहीं दूसरे चरण के लिए इकतीस जनवरी को और तीसरे दौर का मतदान तीन फरवरी को होगा बीजापुर आगजनी बीजापुर जिले में आज माओवादियों ने छह वाहनों को आग लगा दी यह घटना मोदकपाल थाना क्षेत्र स्थित प्सगुड़ी गांव की है जिन वाहनों को आग लगाई गई उनमें ट्रैक्टर और जेसीबी शामिल हैं